पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल जारी

सम्मान पोर्टल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार का यह प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी और परेशान न करने वाली बनाया जाए आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कृशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी

श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक तीन करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लांच की गयी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की नयी व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से नागरिकों के साथ ही देश भी सशक्त होगा श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा ऐसे अभिनव प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न शीघ्र साकार होगा बस टूक एमपी में बसों और ट्रकों के संचालन और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सम्बंधित मंत्रियों से चर्चा करके सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने आज बस और ट्रक आपरेटरों के साथ सागर में एक बैठक में चर्चा के बाद यह बात कही श्री राजपूत ने बताया कि सरकार आजीवन टेक्स को किश्तों में भरने के लिए पहले ही कह च्की है ट्रक मालिको ने डीजल पर वेट टेक्स कम करने और टेक्स माफी की बात रखी है वेट टेक्स वाणिज्यकर मन्त्री तय करेंगे जबकि टेक्स माफी के बारे में सीएम से चर्चा कर तय किया जाएगा

राशन पर्ची नहीं होने के कारण ये लोग शासन की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे श्री सिंह ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश का श्रमिक यदि प्रदेश के बाहर काम करना चाहता है है कि तो उसे उसे प्रदेश कर के लिबाहर के खाद्यान्न के उपलब्ध कर कराया के जायेगा बैठक में संचालक खाद्य श्री तरूण पिथोड़े ने बताया कि विभाग वेयर हाऊस के निर्माण के संबंध में अशासकीय व्यक्ति को विभागीय एक्सपर्ट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा साफ सफाई बीडा भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कल नगर निगम के सफाई कर्मियों के अवकाश के रहने के चलते शहर के नागरिकों और सामाजिक संगठन के साथ शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने साफ सफाई का बीड़ा उठाया हैं नगर निगम मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष की तरह गोगा नवमी के अगले दिन सफाईकर्मि अवकाश पर रहते हैं लिहाजा जन सहयोग से कल शहर की साफ सफाई की जाएगी निगमायुक्त प्रतिभा पाल के अनुसार शुक्रवार की सफाई के लिए शहर के प्रबुद्धजनों के साथ गैर सरकारी संगठन के लोगों को सफाई अभियान में जोड़ा गया है

दुर्घटना मौत प्रदेश में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई पहली घटना सिवनी के जबलपुर नागपुर मार्ग पर हुई जहां आमने सामने से आ रहे दो ट्रक आपस में टकरा गए जिसमें दोनों ड्राइवरों की जलने के कारण मृत्यु हो गई

दूसरी घटना सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र में हुई जहां मोटर साइकिल सवार दो युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी जिसमें मोटर साइकल सवार की मौत हो गई दूसरा गंभीर रुप से घायल हो गया है मौसम समूचे मध्यप्रदेश में मॉनसून सक्रिय है राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिष हुई है होशंगाबाद जिले में रूक रूककर वर्षा का दौर जारी है इससे नर्मदा तथा उसकी सहायक नदी नाल उफान पर हैं

छिन्दवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर पर हैं वहीं बैतूल में बारिश के कारण सिमेंट रोड स्थित बाजार में पचास साल पुरानी बिल्डिंग भर भराकर गिर गई

झाबुआ जिले में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

वही अनूपपुर डिंडोरी छतरपुर सीहोर राजगढ होशंगाबाद बुरहानपुर खंरगोन बडवानी देवास आगर शिवपुरी दतिया मुरैना में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है

इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण रैली एवं सभा का आयोजन नही किया गया है

इस दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने के लिये लोगों से शपथ पत्र बनवाये जाएंगे

इस दौरान पौधरोपण भी किया गया